इस दौरान प्रश्नकाल के साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सप्ताहभर की शासकीय सूची से अवगत करवाएंगे बैठक इस बीच विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल देर शाम धर्मशाला में हुई भाजपा ने कांग्रेस को माकूल जबाब देने की रणनीति तैयार की शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलाकर ही चलता है विपक्ष रचनात्मक रूप से मुद्दे उठाएगा तो उसका स्वागत होगा वहीं कांग्रेस ने इस दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि विपक्ष द्वारा सत्र के दौरान सरकार को भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा जाएगा सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल धर्मशाला में विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों को सम्बोधित करते हए कहा कि उम्मीद है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देगा उन्हों कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे उसका सकारात्मक जवाब दिया जाएगा चर्चाएं महत्वपूर्ण होती हैं और हमारे विधायकों ने भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए हैं मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सत्र में विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और सहयोग करेगा मौसम प्रदेश में खुश्क ठंड का दौर जारी है हालांकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है वहीं लाहुल स्पिति से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जिले की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो रहा है और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदू से नीचे दर्ज किया जा रहा है जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचापत्रों ने धर्मशाला के तपोवन में आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है धर्मशाला में शीत सत्र आज से एग्जिट पोल के नतीजों केन्द्र की योजनाओं और फोरलेन पर गरमायेगा सदन पंजाब केसरी का शीर्षक है धर्मशाला पहुंची सरकार विपक्ष भी तैयार दैनिक जागरण के शब्द हैं महंगाई और कर्ज बढ़ाएंगे सरकार का मर्ज दिव्य हिमाचल का कहना है विधानसभा का घूंघट उठाने को तपोवन तैयार दैनिक भास्कर के मुताबिक हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से तपोवन में गरजेगा विपक्ष

जबकि दैनिक जागरण का कहना है कल से भारी बर्फबारी की चेतावनी आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल में मौसम आज लेगा करवट बारिश की संभावना सऊदी अरब से अपने वतन लौटे तीन हिमाचली पंजाब केसरी की खबर है इसी खबर पर दिव्य हिमाचल लिखता है युवकों को फंसाने वाले तीन एजेंट धरे अमर उजाला का शीर्षक है टीन के शेड में सोते थे और लू में निकलता था नाक कान से खून तीन युवकों ने सुनाई आपबीती दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है हिमाचल में मानवाधिकारों के संरक्षण से बेपरवाह सरकारें बारह सालों से नाकारा पड़ा है हिमाचल मानवाधिकार आयोग

इसी अखबार की एक अन्य खबर है कालका शिमला ट्रैक पर कल से दौड़ेगा पारदर्शी कोच विस्ताडोम मुख्यमंत्री के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है सिर्फ राजनीति के लिये इस्तेमाल न किया जाए सदन जबकि अजीत समाचार के शब्द हैं प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है सरकार अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय सेना में हिमाचल में लिखा है कि हिमाचल के वीर युवाओं में देश सेवा का जुनून है पर जनसंख्या का कोटा बड़ी बाधा है केन्द्र सरकार को हिमाचल रेजीमेंट के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिये